लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश की अधिकांश नदियां उफान पर

कहा तेजस्वी प्रसाद यादव में नीतीश कुमार से मुकाबला करने की क्षमता नहीं

संक्रमण दर घटकर शून्य दशमलव सात प्रतिशत मॉनसून के एक बार फिर से सक्रिय हो जाने के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पिछले अड़तालीस घंटों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई है बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है वहीं जल जमाव के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है राजधानी पटना के निचले इलाकों में जल जमाव होने से आवागमन प्रभावित हुआ है इधर मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों तक भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है इस दौरान पूर्वी चम्पारण पश्चिमी चंपारण शिवहर सीवान गोपालगंज सीतामढ़ी सुपौल दरभंगा मधुबनी अररिया किशनगंज समस्तीपुर कटिहार पूर्णिया और मुजफ्फरपुर जिले में कई स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गयी है पटना और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से भारी वर्षा का पूर्वानुमान है मौसम विभाग के अलर्ट के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग ने बारिश के समय लोगों से खुले में नहीं जाने की अपील की है नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य की अधिकांश नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है गंडक बागमती महानंदा परमान कनकई खिरोई लालबकैया और अधवारा समूह की नदियों में उफान के कारण कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है वाल्मिकी नगर गंडक बराज से आज सुबह चार लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण पूर्वी चम्पारण पश्चिमी चम्पारण सीवान सारण और गोपालगंज जिले में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है इधर कनकई नदी की धारा बदलने से किशनगंज जिले के दिघलबैंक प्रखंड क्षेत्र के कई घर बाढ़ के पानी में डूब गये हैं वहीं जिले में बहने वाली परमान नदी भी खतरे के निशान से चालीस सेंटीमीटर ऊपर चली गयी है नूना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण सिकटी प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है वहीं महानंदा नदी का जलस्तर पूर्णिया जिले के ढेंगरा घाट में लाल निशान को पार कर गया है बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर में और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में लाल निशान से ऊपर चला गया है सीतामढी में रातो नदी का पानी सुरसंड प्रखंड के श्रीखंडी भिठ्ठा गांव में फैल गया है वहीं मरहा नदी का पानी परिहार प्रखंड के निचले इलाकों में प्रवेश कर रहा है जिले में रातो नदी में उफान के कारण चोरौत भिट्ठा मोड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक सौ चार पर दो फीट से ऊपर बाढ़ का पानी बह रहा है बागमती नदी में उफान के कारण शिवहर जिले के बेलवा में शिवहर मोतीहारी स्टेट हाईवे संख्या चौवन के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है इसके चलते इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही ठप्प हो गयी है वहीं मध्रबनी जिले में बाढ़ की आशंका को देखते हुए कमला नदी के आठ फाटकों को खोल दिया गया है जिले के बेनीपट्टी में जमींदारी बांध क्षतिग्रस्त हुआ है दूसरी तरफ भागलपुर से बहने वाली बड़ुआ नदी भी उफान पर है जिले के खानपुर पंचायत के इंग्लिश रतनपुर गांव के पास नदी पर बना तटबंध ट्रट जाने से कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है इधर बाढ़ की आशंका को देखते हुये एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट कर दिया गया है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने राजद पर महागठबंधन को कमजोर करने का आरोप लगाया है पटना में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन के दोनों बड़े दल राजद और कांग्रेस का रूख अभी तक साफ नहीं है और नेतृत्व के सवाल पर भी एकजुटता नहीं है उन्होंने कहा की तेजस्वी प्रसाद यादव में नीतीश कुमार से मुकाबला करने की क्षमता नहीं है श्री कुशवाहा ने कहा कि पार्टी महागठबंधन का हिस्सा है और इस नाते सीटों के बंटवारे को लेकर कई दौर का प्रयास किया गया लेकिन वह बेनतीजा रहा उन्होंने कहा कि पार्टी की तैयारी विधानसभा की सभी दो सौ तैंतालीस सीटों पर चुनाव लड़ने की है कार्यकारिणी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बिहार विधानसभा चूनाव में महागठबंधन में रहने या नहीं रहने के सवाल पर फैसला लेने के लिए अधिकृत किया एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी ने एक बार फिर दावा किया कि वह विधानसभा चुनाव में एक सौ तैंतालीस सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी लोजपा छात्र युवा प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष यामिनी मिश्र ने कहा कि पार्टी ने एक सौ तैंतालीस सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को जनसंपर्क अभियान चलाने को कहा है हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो फैसला होगा वह सभी कार्यकर्ताओं को मान्य होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि सुधार विधेयकों को लेकर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है पटना में पत्रकारों से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि विधेयक के बारे में गलतफहमी पैदा की जा रही है यह किसानों के हित में है प्रदेश में कोरोना के एक लाख उनसठ हजार सात सौ रोगी स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर इक्यानवे दशमलव छह चार प्रतिशत है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि जांच में तेजी आने के साथ ही राज्य में संक्रमण की दर में भी लगातार गिरावट आ रही है संक्रमण दर घटकर शून्य दशमलव सात प्रतिशत पर आ गयी है यानि अब एक सौ नमूनों की जांच में एक से भी कम व्यक्ति संक्रमित पाये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि कोरोना जांच की संख्या बढ़ाकर संक्रमण के स्वरूप की पड़ताल की जा रही है श्री अमृत ने बताया कि मृत्यु दर में भी लगातार गिरावट आ रही है अब तक इस वैश्विक महामारी से राज्य में आठ सौ अठहत्तर लोगों की मौत हो हुई है प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या तेरह हजार छह सौ सतासी है वहीं कोविड के पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर एक लाख चौहत्तर हजार दो सौ छियासठ हो गयी है कोविड उन्नीस संक्रमण से बचाव के लिए वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है बाईट तीन पिलर्स हैं हमारे हैंड हाइजिंग हाथ घर से साफ करके निकलें साबून से अपने पर्स में बैग में सेनेटाइजर की बोतल रखें और बीच बीच में सेनेटाइजर से हाथ धोते रहें सेकेंड मोस्ट इर्पोर्टेट बिना मास्क के कहीं नहीं जाएं और मास्क सिर्फ लगाना आवश्यक नहीं है उसको ठीक से लगाना आवश्यक है अगर लूज मास्क बांधा हुआ है तो फिर उसकी कैपिसिटी कम हो जाती है और तीसरी चीज सोशल डिस्टेंसिंग जहां पर भी भीड़ ज्यादा है वहां पर अवाइड करें या वेट करें कि भीड़ छन जाएं कि कुछ लोग निकल जाएं उसके पटना एम्स में पोस्ट कोविड ओपीडी आज से काम करने लगेगा इस ओपीडी में कोरोना से स्वस्थ हुये लोगों में आ रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का इलाज होगा भारतीय जनता पार्टी के विचारक और जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज देशभर के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे श्री मोदी ने एक ट्वीट में पंडित उपाध्याय को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके आदर्श गरीबों की सेवा करने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल देर रात जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ के राउंड टेबल कांफ्रेंस को संबोधित किया अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बिहार में जलवायू परिवर्तन के दुष्प्रभाव से बचने के लिए किये जा रहे उपायों की चर्चा की मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए चलायी जा रही योजनाओं पर चौबीस हजार पांच सौ करोड़ रूपये खर्च किये जा रहे हैं यूएन ने नीतीश कुमार को क्लाईमेट लीडर बताते हुये बिहार में चलाये जा रहे जल जीवन हरियाली अभियान की प्रशंसा की कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में पारंपरिक खानपान भी काफी कारगर है इस वर्ष के पोषण माह में स्थानीय खाद्य आदतों पर विशेष जोर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल फॉर पोषण की अपील इसी महत्व को देखते हुए दी है सात प्रकार के अनाजों को पीसकर तैयार सतअनजा के मिथिलांचल में उपयोग की परंपरा रही है यह छोटे शिशुओं के पोषण की जरूरतों को पूरा करता है

वे मूल रूप से मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर बसू के निधन पर गहरी शोक संवेदना जतायी है राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शिशिर कुमार सिन्हा को बिहार विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया है वहीं पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश संजय प्रिय को बिहार राज्य भूमि न्यायाधिकरण का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई दसवीं और बारहवीं की कम्पार्टमेंट परीक्षा का परिणाम दस अक्टूबर तक जारी करेगा बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय में यह जानकारी दी जहानाबाद जिले के परसबिगहा थाना क्षेत्र से पुलिस ने कुख्यात नक्सली पूजन सिंह को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार नक्सली की कई मामलों में पुलिस को तलाश थी किशनगंज जिले के दिघलबैंक से एसएसबी ने एक सौ पचास ग्राम ब्राउन शुगर के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है बरामद मादक पदार्थ का बाजार मूल्य पैंतालीस लाख रूपया बताया जाता है खगड़िया जिले के नगर थाना क्षेत्र से प्रलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है भागलपुर जिले में अपराधियों और शराब बेचने वालों के विरुद्ध चलाये गये विशेष अभियान के तहत पुलिस ने पिछले चौबीस घंटे में चालीस अपराधियों को गिरफ्तार किया है पश्चिम चंपारण जिले के बगहा नगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत गोईती गांव के पास हथियारबंद अपराधियों ने एक फाइनेंस कर्मी से डेढ़ लाख रुपये लूट लिए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 हिन्दुस्तान की सुर्खी है महागठबंधन और एनडीए में दरार एनडीए से लोक जन शक्ति पार्टी तो महागठबंधन से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अलग होने की राह पर दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है कृषि कानून पर पैदा की जा रही गलतफहमी दैनिक भास्कर ने लिखा है अभी पांच दिनों तक बारिश से राहत की कोई उम्मीद नहीं प्रभात खबर की सुर्खी है कृषि बिल के खिलाफ राजद का प्रदर्शन आज दैनिक आज ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है बिहार में डेढ़ दशक में शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम हुये राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है ड्रग कनेक्शन ने बढ़ायी सिने सितारों की टेंशन और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी

लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश की अधिकांश नदियां उफान पर

कहा तेजस्वी प्रसाद यादव में नीतीश कुमार से मुकाबला करने की क्षमता नहीं

संक्रमण दर घटकर शून्य दशमलव सात प्रतिशत